प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ के साथ बातचीत करेंगे

ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसमें भाग ले रहे व्यक्ति प्रयागराज में कुम्भ मेले में जा सकें और राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड भी देख सकें रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर जोर दे रही है ताकि बच्चों को उनके घर द्वार पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके रामस्वरूप शर्मा कल जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेहड़ा और द्रब्बल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह पर बोल रहे थे उन्होंने इस मौके पर द्रब्बल सरमाणा पिपली जीप योग्य सम्पर्क सड़क का लोकार्पण भी किया मौसम प्रदेश के जनजातीय व ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व निचले मैदानी क्षेत्रों में रूक रूक कर वर्षा हो रही है इससे तापमान में गिरावट आई है और समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में आज तीसरे दिन भी रूक रूक जारी बर्फबारी से अंदरूनी सड़कों पर यातायात बंद हो गया है और बिजली व संचार व्यवस्था भी ठप्प है केलंग में एक फुट कोकसर में ढाई फुट जबकि सिसु में दो फुट हिमपात हुआ है कुल्लू व चंबा व सिरमौर जिलों के उपरी क्षेत्रों में हिमपात व अन्य भागों में बारिश का समाचार है चंबा जिला के कुछ इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किन्नौर जिले में कल रात से बारिश व बर्फबारी का कम जारी है राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों कल रात से वर्षा हो रही है जबकि आज सुबह से हल्का हिमपात हो रहा है निचले मैदानी क्षेत्रों में भी व्यापक वर्षा हो रही है जो फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है मौसम विभाग ने आज मध्यमव अधिक उंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी व वर्षा की चेतावनी जारी की है गणेशदत्त प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेशदत्त ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का सुझाव दिया है ताकि उन्हें पता चल सके कि आरएसएस राजनीति नहीं करता बल्कि संस्कार देने का काम करता है गणेशदत्त ने कल शिमला में एक बयान में कहा कि संघ सभी को सच्चा भारतीय बनने की शिक्षा देता है फिर वह चाहे किसी भी धर्म व सम्प्रदाय का हो एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने बिलासपुर में एम्स के निर्माण कार्य से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया हैं अमर उजाला और दैनिक जागरण के लगभग एक जैसे शब्द हैं हिमाचल एम्स का काम श्रू इसी साल अगस्त से ओपीडी की सुविधा

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कोठीपुरा में एम्स के भूमि पूजन पर चुनावी हुंकार मौसम से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है त्रिलोकीनाथ में भंगारू नाले में गिरा हिमखंड चिनाब नदी का बहाव रूका अजीत समाचार के शब्द हैं प्रदेश के ऊंचे स्थानों पर हिमपात समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में दैनिक भास्कर के अनुसार लाहौल स्पीति केलांग मनाली में बर्फबारी शिमला में हल्की बारिश आज खराब रहेगा मौसम

निष्कासित कांग्रेसियों की घर वापसी को हरी झंडी शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है कांग्रेस अनुशासन समिति ने राठौर पर छोड़ा अंतिम फैसला आपका फैसला ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के हवाले से खबर को शीर्षक दिया है हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें जीतेगी कांग्रेस आईजीएमसी में स्वाइन फलू के दो केस आने से हड़कंप हिमाचल दस्तक की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार टीजीटी आटर्स में आवेदन की तिथि बढ़ी स्लो वेबसाइट के कारण हमीरपुर चयन आयोग ने लिया फैसला एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है बेशक हिमाचल प्रदेश ने आजादी के बाद हर क्षेत्र में तरक्की की है लेकिन आज भी कई गांव सड़क जैसी सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं जो सरकार और प्रशासन के समक्ष बड़ा प्रश्न है शीर्षक है सबको मिलें सुविधाएं एम्स के भूमि पूजन से नए युग का सूत्रपात शीर्षक से आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है एम्स का निर्माण कार्य शुरू होने से जहां प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के अच्छे दिन आएंगे वहीं उत्तर भारत के लिए भी यह चिकित्सा संस्थान वरदान साबित होगा